घर खर्च से लेकर किसानी में तक बनी मददगार

खास तौर से इंदौर में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है

ये तीनों भी इंदौर में भर्ती हैं

वहीं इंदौर से भागे चार कोरोना पॉजिटिव मरीज मुरैना में पकड़े गए हैं ये सभी उत्तरप्रदेश के रामप्र के रहने वाले हैं

मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच लॉकडाउन का भी सख्ती से पालन कराया जा रहा है धार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि लॉकडाउन में भीड़ इकट्ठा करने पर तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है

ग्ना में प्लिस अधीक्षक तरुण नायक ने कल शिवप्री अशोकनगर बॉर्डर का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने चेक पोस्टों पर मौजूद बल को विशेष दिशा निर्देश दिए उमरिया पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने नागरिकों से अपील की है कि वे लाकडाउन का पालन करे और जरूरत पड़ने पर घर से मास्क लगाकर निकले ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी भोपाल कलेक्टर तरुण पिथौड़े ने भी लोगों से मास्क लगाकार न निकलने पर मामला दर्ज करने के निर्देष दिए हैं नीति आयोग आरोग्य सेत् नीति आयोग के म्ख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि सरकार आरोग्र्य सेतु के जरिए प्राप्त होने वाली जानकारी का इस्तेमाल केवल चिकित्सा प्रयोजन के लिए करेगी और लोगों से संबंधित आंकडों का किसी अन्य काम के लिए इसप्रेमाल कभी नहीं किया जाएगा श्री कांत ने ट्वीट करते हए कहा कि निजता अत्यंत महतवपूर्ण है और सरकार इसे सबसे अधिक महतव देती है

उनह्रोंने इस एप को विशब सप्तरीय मेक इन इंडिया उतप्राद बताया और कहा कि यह संक्रमण के जोखिम की जानकारी देकर लोगों का सशक्तिकरण करता है यह मोबाइल एप्लिकेशन कोरोना संक्रमण के जोखिम के प्रति लोगों को अपना मूलय्यांकन करने में सक्षम बनाता है यह अनग्र वग्रक्तियों के साथ समप्रर्क के आधार पर जोखिम का मूलयांकन करता है इसके लिए यह ब्लूटूथ टेक्वोलॉजी अलग्योरिथमस्त और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का इसप्रेमाल करता है

इसके तहत दिव्यांग निशक्तजन वृदधावस्था और विधवा लोगों की सहायता के लिए दो माह की अग्रिम पेंशन उनके बैक खाते डाली गई है इस राशि से ऐसे लोगों को लॉकडाउन के म्श्किल समय में काफी मदद मिल रही है

माध्यमिक शिक्षा मंडल सचिव द्वारा इस संबंध में शीघ्र ही विस्तृत निर्देश जारी किये जाएंगे

ये मशीन नगरपालिका परिसर अस्पताल परिसर और थाना परिसर में लगाई गई हैं इस मशीन से ग्जरने वाले व्यक्ति के ऊपर कीटनाशक दवाईयों का स्वत ही स्प्रे हो रहा है इस प्रक्रिया में सम्पूर्ण शरीर एक साथ सेनेटाइज हो रहा है